स्वस्थ होने की दर बहत्तर प्रतिशत हुई

अन्य जिलों की भी स्थिति में सुधार नहीं

बिहार के लोगों में कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने लगी है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कराये गये सीरो सर्वे के परिणाम से यह बात सामने आयी है देश के छियासठ जिलों में हुए सीरो सर्वे में सात जिले बिहार के थे इस सर्वे के परिणाम में बताया गया है कि इन सात जिलों में लगभग उन्नीस प्रतिशत आबादी में कोविड के विरुद्ध एंटीबॉडी बन चुकी है सबसे अधिक समस्तीपुर में सत्ताईस दशमलव आठ प्रतिशत भोजपुर में इक्कीस वैशाली में उन्नीस दशमलव सात पटना में अठारह दशमलव आठ भागलपुर में अठारह दशमलव छह मुजफ्फरपुर में सोलह दशमलव आठ और कटिहार में नौ प्रतिशत आबादी में कोरोना से लड़ने की क्षमता विकसित हो गयी है यानि एक बड़ी आबादी को कोरोना हुआ उन्हें पता भी नहीं चला और वे खुद ही ठीक भी हो गये सीरो सर्वे से इस बात का पता चलता है कि संक्रमण का सामुदायिक स्तर पर कितना प्रसार हुआ है साथ ही इस सर्वे के परिणाम से यह भी पता चलता है कि लोगों के अंदर रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कितनी विकसित हुई है सीरो सर्वे के परिणाम के आधार पर महामारी के प्रसार को रोकने की रणनीति भी तैयार की जाती है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस से चार हजार एक सौ चालीस लोग ठीक हुए हैं एक दिन में ठीक होने वालों की अब तक की यह सबसे बडी संख्या है राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर छिहत्तर हजार सात सौ छह हो गयी है इस समय उनतीस हजार तीन सौ उनहत्तर रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है स्वस्थ होने की दर बहत्तर प्रतिशत तक पहुंच गयी है इधर राज्य में दो हजार पांच सौ पच्चीस नये मामलों की प्रष्टि के साथ कोविड उन्नीस से संक्रिमत लोगों की संख्या एक लाख छह हजार छह सौ अठारह हो गयी है जबकि पांच लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकडा बढकर पांच सौ बयालीस हो गया है सबसे अधिक तीन सौ तीन मामले पटना से सामने आये हैं जिले में संक्रमितों की संख्या सोलह हजार नौ सौ पच्चीस हो गयी है जो राज्य में सबसे अधिक है मुजफ्फरपुर में चार हजार तीन सौ सतासी और भागलपुर में अब तक चार हजार दो सौ उनतीस मामलों की प्रष्टि हो चुकी है राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक लाख सात हजार से अधिक नमूनों की जांच हुई है इसके साथ ही राज्य में जांच की कुल संख्या बढकर सत्रह लाख सतासी हजार से अधिक हो गयी है बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल परिसर में चौबीस अगस्त से सेना के अस्थायी कोविड अस्तपाल का संचालन शुरू हो जायेगा प्राप्त जानकारी के अनुसार डीआरडीओ द्वारा विकसित पांच सौ बेड वाले इस अस्पताल में दो सौ मेडिकल स्टाफ की तैनाती की जायेगी इस अस्पताल में आईसीयू और वेंटिलेटर के साथ साथ कोरोना जांच की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी कोविड डेडिकेटेड अस्पताल एनएमसीएच में अब राज्य भर के कोरोना मरीज भर्ती लिये जायेंगे प्राचार्य डॉक्टर हीरा लाल महतो ने बताया कि पांच जिलों के मरीजों की ही भर्ती लेने की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है पीएमसीएच में गुर्दा के रोग से पीड़ित कोरोना संक्रमितों का आज से डायलिसिस शुरू होगा कोविड वार्ड में इससे संबंधित सभी जरूरी उपकरण लगा दिये गये हैं नीति आयोग के स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने लोगों से कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक का पालन करने का अनुरोध किया है

और इसी तरह से जो दूरी बनानी है अपने को वर्कर के साथ में जहां हम जा रहे हैं जहां हम खड़े हो रहे हैं लाइन में खड़े हो रहे हैं शोप पर हैं वर्कप्लेस परहैं बहुत जरूरी है और साथ साथ में ये भी याद दिलाऊंगा कि हमें बार बार अपने हाथ भी धोने हैं या हैंड को सैनेटाइज करना है राज्य सरकार ने चार हजार नौ सौ संतानवे ए ग्रेड नर्सो की विभिन्न अस्पतालों में नियुक्ति और पदस्थापना कर दी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी चयनित नर्सों को चौबीस अगस्त तक योगदान देने का निर्देश दिया गया है राज्य सरकार ने नौ जिले के पूलिस अधीक्षक समेत भारतीय पूलिस सेवा के सत्रह अधिकारियों का तबादला कर दिया है जारी अधिसूचना के अनुसार खगड़िया की पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी को जहानाबाद अररिया की पुलिस अधीक्षक धूरत सायली सबलाराम को सारण जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक मनीष को वैशाली और सारण के पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय को भोजपुर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है इसी तरह विशेष कार्य बल पटना के पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार पोरिका को औरंगाबाद और बीएमपी तीन बोधगया के समादेष्टा प्रमोद कुमार मंडल को जमुई का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है वहीं सासाराम के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हृदयकांत को अररिया सहायक पुलिस अधीक्षक पूर्वी मुजफ्फरपुर अमितेश कुमार को खगड़िया और किरण कुमार गोरख को बगहा के पुलिस अधीक्षक के पद पर अपने ही वेतनमान में तबादला किया गया है गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार अपर पुलिस महानिदेशक सैन्य पुलिस आर एस भट्टी को पुलिस महानिदेशक सैन्य पुलिस अपर पुलिस महानिदेशक आर मलार विझी को अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण और पुलिस महानिरीक्षक एम आर नायक को पुलिस महानिरीक्षक रेलवे बनाया गया है जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान खुर्शीद खान और लवकुश शर्मा का पूरे पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों जवानों की शहादत पर गहरी संवेदना जताते हुए यह घोषणा की शहीद जवान खुर्शीद खान रोहतास जिले के घुसिया कलां और लवकुश शर्मा जहानाबाद जिले के अहिरा गांव के रहने वाले थे गंडक नदी में उफान के कारण गोपालगंज और सारण जिले के कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है गोपालगंज जिले के चार प्रखंडों के एक सौ पचहत्तर से अधिक गांव बाढ़ से धिर गये हैं महम्म्दपुर मशरक स्टेट हाईवे पर लखनपुर के पास पानी के तेज बहाव के कारण आवागमन ठप हो गया है वहीं सरफरा सीवान पथ पर कहला पुल के पास पानी का बहाव बढ़ा है सुरवल पिपरहियां पथ पर भी पानी आ गया है वहीं बाढ़ के पानी से कारा मांझी बरौली रोड क्षतिग्रस्त हो गयी है जिस कारण आवागमन ठप है बढ़ेया बरौली के बीच एसएच सैंतालीस पर भी पानी चढ़ने लगा है जिले के बरौली और बैकुंठपुर प्रखंड के उन इलाकों में भी पानी प्रवेश कर गया है जहां से पूर्व में पानी निकल चुका था इधर सारण जिले में गंडक के साथ साथ माही नदी का जलस्तर बढ़ने से दिघवाड़ा और दरियापुर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है जिले के नौ प्रखंडों के साढ़े चार सौ से अधिक गांव जलमग्न हैं दरियापुर दरहरा मार्ग पर पानी चढ़ जाने से आवागमन बाधित है खेतों में पानी के फैलने से फसलों को व्यापक न्कसान हुआ है सीवान जिले में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है शहरी क्षेत्र के नयी बस्ती महादेवा में बाढ़ का पानी के फैल जाने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है

हुसैना घाट के पास नदी का पानी ओवर पलो होकर गांव तक पहुंच रहा है जिससे लगमग एक स्वी एकठ जमीन में लगी फसल नष्ट हो गयी है इपर गंडक नदी का पानी जलालपुर मकुरपुरा और चिमनापुर गांव में प्रवेश कर जाने से लोगों की मुरिकलें बढ़ गयी है मगदानपुर प्रखंड के बाढ़ प्रमावित क्षेत्रों की रिस्थिति में मी कोई सूपार नही है आकाशवाणी समाचार के लिए साजीपुर से मनोज कुमार सिंह दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पानी हालांकि उतरने लगा है लेकिन स्थितियां अब भी सामान्य नहीं हुई है पानी निकलने की रफ्तार काफी धीमी है समस्तीपुर जिले में बागमती कोसी करेह नून जमुआरी और बैती नदियों में उफान के कारण नौ प्रखंडों के एक सौ चौतीस गांव बाढ़ से प्रभावित हैं

सैतालीस सामुदायिक रसोई पर भी राहत शिविर और बत्तीस पड्ड केम्प संचालित किये जा रहे है बाईस चलंत मेठिकल टीम के माय्यम से लोगों को स्वस्थ सुवियाएं उपलब्ध कराये जा रहे हैं बाढ़ प्रचावित आठ हजार लोगों की कोरोना जांच मी की गदी है प्रमावित के बीच नावों के माध्यम से जन वितरण प्रणाली के अनाज का भी वितरण किया जा ज्ञा है आकाशवाणी समाधार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार इधर खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सिमरी से सटे ब्रढ़ी गंडक के चमराही बांध के दायें भाग में हो रहे कटाव को रोकने का काम युद्धस्तर पर जारी है जल संसाधन विभाग की टीम बाढ़ निरोधात्मक कार्य में जुटी हुई है सुपौल सहरसा और मधेपुरा जिले में कोसी तथा सहायक नदियों के उफान के कारण स्थितियां अब तक सामान्य नहीं हुई है इधर आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार सोलह जिलों के एक सौ तीस प्रखंडों की एक हजार तीन सौ ग्यारह पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं बयासी लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है प्रभावित क्षेत्रों में दस राहत शिविर और छह सौ तिरपन सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की पैंतीस टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं बिहार भाजपा प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने एक बार फिर दोहराया है कि एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा उन्होंने दावा किया कि गठबंधन एकबार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आयेगी श्री यादव ने कहा कि बिहार सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण कोरोना और बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक परीक्षा का फार्म आज से भरा जायेगा छात्र अपने स्कूल के माध्यम से ऑनलाईन फार्म भर सकते हैं वहीं इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा का फार्म कल से भरा जायेगा गोपालगंज जिले की एक अदालत ने चार साल के बच्चे की हत्या के तीन साल पुराने मामले में आरोपी दो महिलाओं को फांसी की सजा सुनायी है दोषी ठहरायी गयी महिलाओं ने आपसी रंजिश में अपने पड़ोसी के बच्चे की हत्या कर दी थी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने किशनगंज जिले के सुखानी थाना क्षेत्र के सुरभिट्ठा गांव से जाली नोट के कारोबार से जुड़े दो युवकों को गिरफ्तार किया है भोजपुर के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने एक चांदी तस्कर को पैसा लेकर छोड़ने के आरोप में नवादा थाने में पदस्थापित दो एएसआई को निलंबित कर दिया है पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया में एक युवक की सड़क हादसे में मौत के बाद हंगामा और आगजनी करने के आरोप में सत्तर लोगों पर नामजद और दो सौ पचास अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है इस मामले में छियालीस उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है नालंदा जिले के राजगीर थाना क्षेत्र के पंडितपुर आहर के पास सड़क हादसे में मोटरसाईकिल सवार तीन युवकों की मौत हो गयी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 हिन्दुस्तान लिखता है स्कूल कॉलेज और मॉल छह सितम्बर तक बंद रहेंगे रात का कर्फ्यू भी जारी रहेगा दैनिक भास्कर की सुर्खी है दस साल बाद फिर श्याम की राजद धुन राजद के तीन विधायक जदयू के पाले में पंडित जसराज के निधन की खबर को दैनिक जागरण ने प्रकाशित करते हुए लिखा है भरी नगरिया तुम बिन सूनी हमको बिसार कहां चले प्रभात खबर का सुर्खी है जेइइ मेन व नीट तय समय पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज राष्ट्रीय सहारा और आज ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में बिहार के दो जवानों की शहादत की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है

स्वस्थ होने की दर बहत्तर प्रतिशत हुई

अन्य जिलों की भी स्थिति में सुधार नहीं